सहकारी समितियों के निबंधन के लिए अब होगा ऑनलाईन आवेदन

और श्रद्धा तथा भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार

अररिया जिले के नेपाल से सटे सिकटी पीरगंज के पास से एसएसबी के जवानों ने सांप के जहर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद जहर का बाजार मूल्य पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक बताया जाता है एसएसबी बावनवीं बटालियन के कमांडेंट बीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि यह खेप पश्चिम बंगाल से लायी जा रही थी राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों को जल्द से जल्द बर्खास्त करने का नियोजन इकाइयों को आदेश दिया है इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी उपविकास आयुक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत समितियों के प्रमुख बीडीओ और मुखिया को पत्र जारी किया है पत्र में कहा गया है कि हड़ताल पर रहने और इस दौरान मैट्रिक परीक्षा को बाधित करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है इधर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हड़ताली शिक्षकों ने कल सभी जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया पटना में बर्खास्त किये गये शिक्षकों को सेवा में पूनः लिये जाने की मांग को लेकर हड़ताली शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गये हैं मैट्रिक परीक्षा के कल चौथे दिन कदाचार के आरोप में प्रदेश भर से इकसठ परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक गया से बारह और नालंदा से ग्यारह परीक्षार्थी निष्कासित किये गये प्रदेश के सभी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है आदेश के अनुसार राज्य के सभी मध्य विद्यालय जहां एक सौ से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं वहां एक अनुदेशक का नियोजन होगा ये पद अंशकालिक होंगे नियोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से योग्यता परीक्षा का आयोजन होगा इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे सहकारी समितियों के निबंधन के लिए अब ऑनलाईन आवेदन करना होगा सहकारिता विभाग ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि ऑनलाईन आवेदन के एक सप्ताह के भीतर आवेदकों को अपने सभी कागजात जिला सहकारिता कार्यालय में जमा करने होंगे तीन महीने के अंदर यदि अधिकारी निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो समिति को निबंधित मान लिया जायेगा साथ ही इसका प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जायेगा ऑनलाईन आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान आज चार वर्ष पूरे कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष दो हजार सोलह में इस मिशन का शुभारंभ किया था इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चंहुमुखी विकास का रास्ता खुलेगा इन ग्राम समूहों को आर्थिक गतिविधियों कौशल विकास स्थानीय उद्यमिता और मलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के माध्यम से विकसित किया जा रहा है नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में मुख्य रूप से संविदा पर काम कर रहे डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा को निर्धारित शर्तों के अन्सार नियमित करने की अन्शंसा की गयी है पटना उच्च न्यायालय ने खास महाल की जमीन की खरीद बिक्री पर कड़ी आपत्ति जतायी है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है पटना हाईकोर्ट ने आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में तेईस जनवरी दो हजार पन्द्रह को हुए बम विस्फोट के चारों दोषियों की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारम्परिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है कई स्थानों पर रात में शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जायेगा महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मगही पान की खेती अब मगध से बाहर अन्य जिलों में भी होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग ने कार्ययोजना तैयार की है उन्होंने बताया कि वैशाली खगड़िया दरभंगा भागलपुर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण औरंगाबाद शेखपुरा सारण सिवान बेगूसराय और मुंगेर जिले पान शेटनेट योजना चलायी जायेगी बेसहारा बच्चों को परिवार के साथ जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने विशेष अभियान की शुरूआत की है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह जिलों में शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराना है इच्छुक लोग बच्चों के अधिग्रहण के लिए टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक एक आठ सात आठ पर संपर्क कर सकते हैं मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव के क्षेत्र बनने के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे इससे न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने फार्मेसी और पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किया है अभ्यर्थी बीस फरवरी से अठारह मार्च तक निबंधन करा सकते हैं परीक्षा बारह और तेरह अप्रैल को होगी प्रवर्तन निदेशालय ने कुख्यात नक्सली पिंटू राणा की जमुई स्थित तीस लाख रूपये मूल्य से अधिक की संपत्ति जब्त की है उस पर बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में छिहत्तर से अधिक मामले दर्ज है पटना में करोड़ों रूपये के शौचालय घोटाला मामले का ट्रायल शुरू हो गया है

नवादा सदर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक प्रसाद को पुलिस ने शराब के नशे में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया है

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में लगे पॉपुलर वृक्षों से होगा कागज का उत्पादन दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिला अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए निमंत्रण दैनिक भास्कर लिखता है पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार में शिक्षा की हालत सबसे खराब अफसरों के बच्चे राज्य से बाहर पढ़ते हैं इनके लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य हो तभी बदलेंगे हालात प्रभात खबर ने लिखा है निर्भया सामूहिक दुष्कर्म का दोषी विनय पहुंचा चुनाव आयोग कोर्ट में भी दायर की नयी याचिका राष्ट्रीय सहारा लिखता है बिहार पुलिस मैनुअल में हुआ संशोधन अब डीआईजी की अनुमति के बिना निलंबित नहीं होंगे इंस्पेक्टर दैनिक आज की सुर्खी है बेनतीजा रही वार्ताकारों और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की बातचीत

सहकारी समितियों के निबंधन के लिए अब होगा ऑनलाईन आवेदन

और श्रद्धा तथा भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार